मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की आज जयपुर में बैठक विश्व कप किकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से किकेट प्रेमियों में मैच को लेकर जबदस्त उत्साह सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार विपक्ष से सहयोग की अपील करेगी सत्र के दौरान संसद में तीन तलाक विधेयक के अलावा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक कैडर आरक्षण विधेयक तथा और अन्य संशोधन कानून से सम्बन्धित विघेयक पेश किए जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरूवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे चार जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और पांच जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा

इसकी पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिन्दी में संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट परिचर्चाओं का प्रसारण करेगा पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की सात दिन से जारी हड़ताल समाप्त कराने के प्रयास जारी है हड़ताल के कारण राज्य के सरकारी अस्पतालों में आपात सेवाओं को छोड़कर ओ पी डी समेत सभी अन्य सेवाएं बंद हैं हड़ताली डॉक्टरों के प्रवक्ता ने कल शाम कोलकाता में बताया कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं ये डॉक्टर अस्पतालों में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अड़े हैं जिसके कारण गतिरोध बना हुआ है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डॉक्टर्रो को सुरक्षा प्रदान करने के तत्काल उपाय किए जाने के लिए कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने भी इस विषय पर राज्यों से डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने पर विचार करने को कहा है पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए देश भर में जूनियर डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल पर हैं देश में कृषि क्षेत्र में ढांचा गत सुधार के लिए उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में इसकी घोषणा की

श्री कुमार ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्यात को बढावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य को अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है

उन्होंने प्रदेश के चार जिलों जयपुर अजमेर टोंक और नागौर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बीसलपुर बांध को ब्राह्मणी नदी से जोड़ने की योजना के लिए भी बाह्य वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए सहयोग मांगा जयपूर में आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है इसमें संगठन के चुनाव निकाय चुनाव पंचायत चुनाव उपचुनाव और विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है बैठक में राजनैतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएगें इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल है

प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से इस कार्यक्रम के लिये अपने विचार सरकार के पोर्टल माई जीओवी ओपन फोरम पर भेजने को कहा है

सीकर के नीमकाथाना में आयकर विभाग की पिछले तीन दिन से चली कार्रवाई कल समाप्त हो गई

कार्रवाई के दौरान करोड रूपये के निवेश के दस्तावेज भी मिले है

आयकर विभाग की यह इस साल की सबसे बडी कार्रवाई है

बुकिंग क्लर्क अपने अधिकारी के कहने पर परिवादी से रिश्वत राशि लेने छुट्टी के दिन भी बस स्टैंड पहुंचा था ब्यूरो टीम इस अधिकारी की तलाश में जुट गई है

फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है आई सी सी क्रिकेट विश्व कप में आज मैनचेस्टर में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा

आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल डीटीएच हिंदी और अन्य मीटरों पर दिन के ढाई बजे से सुना जा सकेगा मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में इस विश्वकप के दौरान यह पहला मैच होगा

गुजरात के कच्छ में जिला प्रशासन चक्रवात वायु के प्रभाव से निपटने में जुटा हुआ है चकवात के कमजोर पड़ने के बाद इसके गहरे दबाव में बदलकर कल कच्छ तट पर पहुंचने की आशंका है इस बीच प्रदेश में कई स्थानों पर आज मौसम में अचानक बदलाव आया है